रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अगले पांच वर्षों में भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जहां स्टार्ट अप के लिए अनुकूल माहौल है उन्होंने कहा कि भारत की स्टार्ट अप कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करना शुरु कर दिया है उन्होंने भावी समृद्धि के लिए पांच प्रमुख प्रवत्तियों को उजागर किया ये हैं टेक्नॉलॉजी का प्रभाव ब्रनियादी ढांचे का महत्व मानव संसाधन पर्यावरण की देखभाल और व्यापार अनुकूल शासन प्रधानमंत्री ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की भी जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारत दो हजार चौबीस तक रिफाइनरी फाइपलाइन गैस टर्मिनलों के क्षेत्र में सौ अरब डॉलर का निवेश करेगा ताकि ऊर्जा उत्पादन के लिए ढांचा कायम किया जा सके संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संस्था संघर्ष समाधान के लिए एक वांछित संस्थान के रुप में विकसित नहीं हो पाई है राष्ट्रों को इसके ढांचे में सुधार पर विचार करना चाहिए उन्होंने कहा कि शाक्तिशाली राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र को संस्थान की बजाय हथियार के रुप में अधिक देखा है लौह प्रुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती कल देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रुप में मनाई जाएगी इस दिवस को भव्य रुप में मनाये जाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं देशभर में लाखों लोग इस दिवस पर मनाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धाजंलि अर्पित करेंगे वे एकता दिवस परेड में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन साइट का दौरा भी करेंगे श्री मोदी बाद में केवडिया में ही प्रशानिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से बातचीत करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस इकतीस अक्टूबर दो हजार चौदह से मनाया जा रहा है जीवन के सभी क्षेत्र से जुड़े लोग रन फॉर यूनिटी दौड़ में भाग लेते हैं पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आगाह किया आ इस अवसर पर कल केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ग्रम्तो से यूपिया तक रन फॉर यूनिटी मराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन ई पी ने सभी स्कूल बोर्डो के लिए एक केंद्रीय नियामक का प्रस्ताव किया है जिसके तहत राज्य शिक्षा बोर्डो को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय निकाय द्वारा विनियमित किया जायेगा अब तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई को छोड़कर किसी भी बोर्ड पर केंद्र की कोई निगरानी नहीं है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अंतिम रुप दिया गया मसौदा फिलहाल अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा

अंतिम मसौदे के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया जायेगा केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिज् ने कहा कि भारत तोक्यों में दो हजार बीस में होने वाले आगामी ओलंपिक्स में प्ररी तैयारियों के साथ भाग लेगा उन्होंने चेन्नई के एक निजी शिक्षण संस्थान में विश्व स्तरीय हॉकी टर्फ का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दो हजार चौबीस के ओलंपिक्स में दस अधिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए और दो हजार अट्ठाईस के ओलंपिक्स में शीर्ष दस में आने के लिए प्रयास करेगा उन्होंने बताया कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने की काबलियत रखने वाले चौदह हजार युवा विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओ में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को स्वदेश पहुंचते ही उनकी पुरस्कार राशि प्रदान कर दी जाएगी

इस कार्यक्रम के तहत पिछले सत्रह अक्टूबर को पुलिस स्थापना दिवस आयोजन के ऐसे कंपिटिशन के विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रोजी तावा गोंगो ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया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 आज का अधिकतम तापमान तैतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया